प्रदेश में सरसों और चने की समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद आज से

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज देश के नवीनतम उपग्रह एमीसैट का प्रक्षेपण करेगा

यह पहला अवसर होगा जब किसी मिशन में एक से अधिक कक्षाएं शामिल होंगी

देना बैंक और विजया बैंक का आज से बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो जाएगा इसके साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा भारतीय स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा

नये वित्तीय वर्ष की शुरूआत के साथ ही आज से जनता से जुडे कई बदलाव लागू हो जाएंगे नये चौपहिया वाहनों में सुरक्षा मापदंडो को शामिल किये जाने की वजह से इनकी कीमत में कुछ बढोतरी होगी वहीं सीएनजी की दर भी आज से बढ़ाई जायेगी इधर रेलवे की कई गाडियों के समय में भी आधी रात बाद परिवर्तन हो गया

प्रदेश में सभी सरकारी स्कूलों का समय भी आज से बदल गया है

लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही प्रदेश में सियासत गरमाने लगी है पहले दौर के मतदान में एक महीने से भी कम का समय शेष रहते चुनाव प्रचार गति पकडने लगा है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज बांसवाडा जिले के बागीदोरा विधानसभा क्षेत्र के उदयपुरा बाडा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे इससे पहले कल जयपुर में अशोक गहलोत ने भाजपा पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य सभी को स्वास्थ्य सुरक्षा देना है

प्रदेश में स्वीप गतिविधियों के तहत निर्वाचन विभाग लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिये लगातार प्रयास कर रहा है उदयपुर के मावली विधानसभा क्षेत्र में आयोजित दशामाता मेला ग्राउण्ड पर लोगों को मतदान प्रक्रिया के साथ शत प्रतिशत मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया मावली के आरओ एसडीएम मोहन सिंह ने बताया कि मेले में हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से मतदान का महत्व बताते हुए आमजन को जागरूक किया गया

इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है प्रदेश में समर्थन मूल्य पर चने और सरसों की खरीद आज से शुरू होगी सरकारी खरीद के लिये प्रदेश में विभिन्न केन्द्र बनाये गये है

करौली जिले का प्रसिद्ध कैला देवी का लक्खी मेला आज से शुरू हो गया है मेले में राजस्थान के अलावा कई अन्य राज्यों के श्रद्धालु भी जिले में पहुंच रहे है

पश् मेले में प्रदेश के विभिन्न स्थानों से पशु पालक पहुंचे है मेले में विभिन्न नस्लों के पशु आकर्षण को केन्द्र बने हुए है

जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर कल एक सडक हादसे मे एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई ये हादसा एक कार के ट्रेलर से टकराने से हुआ

प्रतापगढ़ जिले में पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान छोटी सादडी में तीस क्विंटल से अधिक की खैर की गीली लकडी ले जाते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है